आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया जा रहा है

श्री मोदी ने विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन सीवी रमन द्वारा की गई खोज रमन इफेक्ट को समर्पित है प्रधानमंत्री ने देशवासियों से खास तौर पर युवाओं से भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जानने और उन्हें पढने की भी अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के लिए आज एक भाव बन चुका है और देश के विभिन्न इलाकों से लोग इसमें पूर्ण योगदान कर रहे है उन्होंने विभिन्न उदाहरण देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की पहली शर्त है देश की बनी चीजों पर गर्व करना

ऐसे में सभी विधार्थी वॉरियर बने वरियर नहीं श्री मोदी ने कहा कि अगले महीने वे विधार्थियों अभिभावकों और शिक्षकों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में संवाद करेंगे

मन की बात कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री ने आगामी त्यौहारों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देशवासी कोरोना गाईडलाईन की पालना करना ना भूले

इसरो के अध्यक्ष डॉ के सीवन ने कहा कि ये इस साल का पहला प्रक्षेपण है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन अस्पतालों में टीका लगवाने वाले व्यक्ति को ये शुल्क देना होगा

प्रदेश में गर्मी का असर तेज होता जा रहा है